एम्स रायपूर में भर्ती कोरोना संक्रमित छह और मरीज स्वस्थ होकर दूर्ग लौटे

देशव्यापी लॉकडाउन के बाद यह इस तरह की पांचवीं बैठक होगी प्रधानमंत्री देशमर में लॉकडाउन को और आसान बनाने के फैसले सहित कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे कोरोना ट्रेन वापसी कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन कल छत्तीसगढ़ पहुंचेगी पहली ट्रेन गुजरात के साबरमती से रवाना होकर कल सुबह लगभग नौ बजे बिलासपुर आएगी ट्रेनों ैकी आधिकारिक समय सारिणी घोषित कर दी गई है आगामी सोलह मई तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिलासपुर रायपुर और चांपा आएगी कोरोना स्पेशल ट्रेन इस बीच राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों छात्रों संकट में पड़े लोगों और विकित्सा की जरूरत वाले व्यक्तियों की वापसी के लिए ग्यारह स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ट्रेनों में आने के लिए लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी लिंक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि जो जहां पर हैं वहां स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहें जिन्होंने घर वापसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे शीघ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं जैसे जैसे रेलवे और संबंधित राज्यों से अनुमति मिलेगी ट्रेनों का चरणबद्ध तरीके से संचालन किया जाएगा जहां ज्यादा लोग हैं वहां अनुमति के बाद कई चरणों में ट्रेन चलाई जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार ने जिन ग्यारह ट्रेनों को चरणबद्ध किया है उनमें पठानकोट पंजाब से चांपा साबरमती अहमदाबाद से बिलासपुर के लिए दो ट्रेन विजयवाड़ा आंध्रप्रदेश से बिलासपुर लखनऊ उत्तरप्रदेश से रायपुर के लिए तीन ट्रेन लखनऊ से भाटापारा के लिए दो ट्रेन मुजफ्फपुर बिहार से रायपुर और दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेनें शामिल हैं राज्य सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी जारी किया है छत्तीसगढ वापसी के इच्छक व्यक्ति सीजी लेबर डॉट एनआईसी डॉट इन ऑबलिक कोविड उन्नीस मिगरेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस ई डॉट ए एसपीएक्स में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर शुन्य सात सात एक दो चार चार तीन आठ शून्य नौ और नौ एक शून्य नौ आठ चार नौ नौ नौ दो भी जारी किया गया है कोरोना मरीज स्वस्थ एम्स रायपुर में भर्ती कोरोना संक्रमित छह और मरीजों को स्वस्थ होने के बाद आज अस्पताल से छटटी दे दी गई इन्हें मिलाकर पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमित ग्यारह मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चके हैं आज जिन छह मरीजों को एम्स रायपुर से छट्टी दी गई ये सभी दूर्ग के रहने वाले हैं कल भी दुर्ग जिले का एक मरीज स्वस्थ होकर लौटा था जिसे मिलाकर अब दुर्ग जिले के नौ कोरोना संक्रमित मरीजों में से सात मरीज ठीक हो चुके हैं जिले से अब केवल दो मरीजों का इलाज एम्स रायपूर में चल रहा है स्वस्थ होकर लौटे सभी मरीजों को भिलाई के सेक्टर चार स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है छत्तीसगढ़ में फिलहाल दस कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है प्रदेश में अब तक उनसठ कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनमें से उनचास मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है कोरोना संक्रमण राशि जारी मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के नौ जिलों को एक करोड़ बीस लाख रूपये की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की है

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से अब तक सभी जिलों को दस करोड़ चालीस लाख रूपये जारी किया जा चुका है लॉकडाउन व्यापारी राहत लॉकडाउन के दौरान रायपुर जिला प्रशासन ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए दुकानों को खोलने अलग अलग समय निर्धारित किया है जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर स्थित पंडरी का थोक कपडा बाजार सप्ताह में चार दिन खुलेगा सोमवार और बुधवार ेएक लाईन की तथा मंगलवार और गुरूवार दूसरी लाईन की द्वान खुलेगी इसी तरह मालवीय रोड की द्कानें सोमवार और बुधवार तथा कोतवाली चौक की बायी ओर की दुकानें मंगलवार और गुरूवार को खोली जाएंगी कोरोना ई पास राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति देने ई पास एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदकों को उनकी आपात स्थिति चिकित्सा संबंधी इलाज परिवार में किसी सदस्य के निधन जैसी परिस्थितियों पर अनुमति देने विचार किया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को व्यक्तिगत विवरण यात्रा को संबंध में विस्तृत जानकारी जिसमें वाहन नंबर तथा यात्रा का विवरण और उद्देश्य की जानकारी देनी होगी मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर राज्य के कोल ब्लॉकों से वसूल की गई अंतिरिक्त लेवी की चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने कोयला खान मंत्री को भेजे अपने पत्र में तेईस जनवरी को भेजे गए पत्र का उल्लेख करते हए कहा है कि प्रदेश के निरस्त किए गए कोल ब्लॉकों में से पूर्व में आवंटित किए गए आठ कोल ब्लॉकों से निकाले गए कोयले के एवज में दो सौ पंचानवे रूपये प्रति मीटरिक टन की दर से राशि केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त लेवी के रूप में जमा कराई गई है जो चार हजार करोड रूपये से अधिक है श्री बघेल ने इस राशि को राज्यहित में देने का आग्रह किया है उन्होंने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से निर्मित परिस्थिति और राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के क्रियान्वयन के लिए राशि तत्काल उपलब्ध कराने की बात कही है कैबिनेट सचिव बैठक कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये बात की श्री गौबा ने कहा कि वंदे मारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है उन्होंने कहा कि तकरीबन साढे तीन लाख प्रवासी मजदूरों के लिए रेल विभाग तीन सौ पचास से ज्यादा श्रमिक विशेष रेलगाड़ी चला रहा है उन्होंने राज्य सरकारों से और श्रमिक विशेष रेलगाडियों का संचालन करने के लिए रेल विमाग के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया

राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों की वापसी को लेकर तैयारी शुरू कर दी है कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया इस दौरान कलेक्टर ने बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्कैनिंग और उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर या होम क्वारेंटाइन में रखे जाने की जानकारी दी साथ ही रेलवे के स्टेशन प्रबंधक और आरपीएफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए इधर कोंडागांव जिले के फरसगांव स्थित क्वारेंटाइन सेंटर से भागे एक श्रमिक परिवार को वापस लाया गया है गौरतलब है कि कल रात ओडिशा से लौटे पति पत्नी और दो बच्चों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था उधर कोरिया जिले में अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों के लिए समी विकासखंडों और नगरीय निकायों में पर्याप्त क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि अन्य प्रदेश से आए श्रमिकों की चिकित्सकीय जांच के लिए स्वास्थ्य विमाग की टीम तथा अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है क्वारेंटाइन सेंटरों में विद्युत पेयजल भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है इन सेंटरों को सैनिटाईज भी करा दिया गया है वहीं महासमुंद जिले में कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश पर कोरोना वॉरियर्स का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य भिशन के तहत हेल्थ एंड वेलनेंस सेंटर नयापारा के चिकित्सकीय दल द्वारा दो सौ तेरह लोगों की जांच की गई थी कबीरधाम में एम्स रायपुर से स्वस्थ्य होकर जिले के तीन लोगों को छोडने आए एंबुलेंस पायलट और स्वस्थ होकर लौटे लोगों का स्वागत किया गया कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि स्वस्थ होकर लौटे तीनों लोगों को चौदह दिनों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा वहीं जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर जेपी पाठक ने आज कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में कहा कि जिले में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लिया जाए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन का चांपा रेलवे स्टेशन में बारह मई को पहुंचना संभावित है श्री पाठक ने जिले की सीमा नाका पर अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए उधर दंतेवाड़ा जिले में कुआंकोंडा के चिरायु दल की मेडिकल टीम पहाड़ियों और नालों से होते हुए पैंतीस किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ग्राम प्ररंगेल पहुंची यहां छियासठ लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है दुर्ग नोट दुर्ग जिले में पांच सौ और दो सौ के नोट सड़क पर मिलने का मामला सामने आया है शहर के कादम्बरी नगर वार्ड क्रमांक सत्रह के पास बाईपास रोड पर आज सुबह पांच सौ के नौ और दो सौ के दो नोट पड़े हुए थे आसपास के लोगों ने इसकी सचना तत्काल मोहन नगर थाने को दी मौके पर पहची पलिस ने सभी नोटों को सैनिटाईज कर पॉलीथिन में रखा है नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि इससे लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है एहतियात बरतंते हुए पुलिस ने इन नोटों को जांच के लिए रखा है उन्होंने कहा कि संभवतः किसी व्यक्ति के नोट गिर गए होंगें श्री शुक्ला ने यह भी कहा है कि जिस भी व्यक्ति का यह नोट है वह अपनी पहचान बताकर थाने में संपर्क कर सकता है भाजपा कार्यकर्ता चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और भारतीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रामविचार नेताम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण को लेकर बस्तर संभाग के समी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की इस दौरान श्री नेताम ने बस्तर में अन्य राज्यों से आने वाले मजदरों के लिए की गई व्यवस्थाओं और समस्याओं के बारे में चर्चा की उन्होंने कोरोना नियंत्रण के संबंध में बस्तरें के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्व मंत्री केदार कश्यप और लता उसेंडी ने भी भाग लिया अजीत जोगी बीमार पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की स्थिति गंभीर बनी हुई है आठ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम श्री जोगी के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि श्री जोगी कोमा में है और उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है डॉक्टरों का कहना है कि आगामी अड़तालीस घंटे बेहद महत्वपूर्ण है उनका इलाज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है गौरतलब है कि कल श्री जोगी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था सिरपर हेरिटेज सिटी महासमुंद जिले के सिरपुर को हेरिटेज सिटी बनाए जाने की योजना है इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए छप्पन करोड रूपये का मास्टर प्लान तैयार किया गया है महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर ने बताया कि सिरपुर के विकास के लिए राज्य सरकार ने विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया है इसके माध्यम से सिरपुर और आसपास के क्षेत्र को पुरातात्विक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा इस सिलसिले में मुख्य सचिव आरपी मंडल पर्यटन सचिव अन्बलगन पी और कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कल सिरपुर का दौरा कर संभावित विकास कार्यों का जायजा लिया इस मौके पर श्री मंडल ने कहा कि आने वाले दिनों में सिरपुर को हेरिटेज सिटी बनाए जाने का काम शुरू कर दिया जाएगा

इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं दूर्ग में कॉफी विद मदर्स अभियान के तहत पुलिस की टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कमार यादव के नेतत्व में वद्धाश्रम में निवासरत् बुजूर्ग माताओं र्स मिलकर हालचाल जाना और उनका आशीर्वाद लिया तथा कोरोना संक्रमण र्स बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए इसके अलावा दर्ग पूलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले में रहने वाले स्वास्थ्यकर्मी एम्स में कार्यरत् डॉक्टर और चिकित्साकर्मियों की माताएं तथा ऐसी बूजूर्ग माताएं जिनके बच्चे लॉकडाउन के कारण अभी उनके साथ नहीं है उनके साथ मिलकर कॉफी पी तथा उनका हालचाल जाना मुलाकात के दौरान प्रलिस अधीक्षक ने बुजुग माताओं को सीनियर सिटीजन नंबर दिया ताकि किसी आपात स्थिति में संपर्क कर मदद ली जा सके राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मदर्स डे पर प्रदेशवासियों को श्रभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा है कि मां प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जिन परिवारों में मां बुजुर्ग अवस्था में है उनसे बातचीत करें उन्हें बाहर निकलने न दें उनके साथ समय बिताएं और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें संक्षिप्त समाचार बिलासपुर जिले के ग्राम सम्बलपुरी में आज सेप्टिंक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से पिता पुत्र की मौत हो गई राजनांदगांव जिले के कन्हार गांव में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी हत्या के बाद घटना को छिपाने के लिए आरोपी ने कोरोना संक्रमण से मौत की अफवाह फैला दी पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है वहीं इसी जिले के ग्राम कोकपुर में दो मजदूरों की संदेहास्पद मौत हो गई है ये दोनों मजदूर काम के सिलसिले में दंतेवाड़ा गए हुए थे जहाँ से बारह दिन पहले ही लौटे थे मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हआ है भिलाई इस्पात संयंत्र की रेल स्ट्रक्वर मिल में बीती रात हुए हादसे में एक कर्मचारी घायल हो गया है घायल कर्मचारी को सेक्टर नौ अस्पताल में भर्ती कराया गया है सूरजपुर जिले के धरमपुर पुरानी बस्ती में एक हाथी ने घर की दीवार को गिरा दिया इस घटना में घर में सो रही माँ बेटी घायल हो गई है जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है बलौदाबाजार जिले में सरसींवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से गुड़ाखू और तम्बाकू का परिवहन करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके पास से एक चारपहिया वाहन में पांच सौ नग गुड़ाख् पैकेट सौ पैकेट तम्बाकू और सौ पैकेट पान मसाला जब्त किया है